पूजा को देखते हुये सुरक्षा के व्यापक प्रबंध पटना पुलिस लाईन में हंगामा और उपद्रव मामले में विवादों में आये पुलिस लाईन के डीएसपी मसलेहउद्दीन का तबादला कर दिया गया है उन्हें पुलिस मुख्यालय भेजा गया है सूत्रों ने बताया कि पटना प्रक्षेत्र के आईजी नैयर हसनैन खां की जांच रिपोर्ट में डीएसपी के खिलाफ महिला प्रशिक्षु सिपाहियों द्वारा की गयी शिकायतों को सही पाया गया था इसके बाद यह कार्रवाई की गयी है इधर रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने हंगामे के बाद प्रशिक्षु महिला सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त करने के निर्णय को गलत बताया है

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कृशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है पार्टी समर्थकों ने इसके विरोध में आज आक्रोश मार्च निकाला था इधर रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने पार्टी समर्थकों पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा की है उन्होंने मूख्यमंत्री से उनके बयान पर सार्वजनिक रूप से सफाई देने की मांग की है वहीं जदयू के प्रवक्ता नीजर कुमार ने कहा है कि श्री कुशवाहा बिना मतलब के इस मुद्दे को तुल दे रहे हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अलग अलग दुर्घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गयी जबकि तीस अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुंगेर जिले के संग्रामपूर थाना क्षेत्र के चंदपूरा गांव के पास राजकीय राजमार्ग संख्या बाईस पर दो मोटरसाईकिल के बीच टक्कर हो गयी इस दुर्घटना में चार युवकों की मौत हो गयी वहीं खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत के दूर्गापूजा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर ऑटो रिक्शा और जीप के बीच टक्कर हो गयी इस द्र्घटना में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि अठारह अन्य घायल हो गये इधर कैमूर जिले में दो अलग अलग दूर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दस अन्य घायल हो गये लोक आस्था के पर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाय के साथ शुरू हो जायेगा महापर्व के पहले दिन छठव्रती नहाय खाय के संकल्प के साथ नदियों तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना अरवा भोजन ग्रहण कर इस व्रत को शुरू करेंगे बारह नवम्बर को खरना होगा तेरह को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और चौदह नवम्बर की सूबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ पर्व सम्पन्न होगा इधर पूरे प्रदेश में छठ घाटों को अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है छठ घाटों की सफाई युद्धस्तर पर की जा रही है वहीं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था के साथ बैरिकेडिंग भी की जा रही है घाटों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं छठ को लेकर वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न नदियों नहरों और तालाबों के किनारे छठ घाटों को सुरक्षित बनाने का काम तेजी से हो रहा है प्रशासन ने छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने और गैस वाले गुब्बारे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से छठ के दौरान पटना में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर इक्यानवे मेडिकल कैंप स्थापित किये जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इन शिविरों में चिकित्सकों के अलावा पारा मेडिकल कर्मी भी उपस्थित रहेंगे इसके अलावा बीस प्रकार की दवाईयां उपलब्ध होगीं उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बत्तीस एम्बुलेंस तैनात रहेंगे वहीं सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और पांच प्राईवेट अस्पतालों कों ग्यारह से चौदह नवम्बर तक अलर्ट पर रखा गया है छठ पर्व के दौरान गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है शेखपुरा जिला प्रशासन ने रेलवे से मांग की है कि जिले में रेल पटरियों के आस पास जहां छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है वहां पूजा के दौरान ट्रेनों का परिचालन स्थगित रखा जाए महापर्व छठ को लेकर दिल्ली मुंबई सूरत समेत कई शहरों से बिहार आनेवाली ट्रेनों में भारी भीड़ है

हालांकि रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेने चलायी हैं इधर पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया है कि आज रात नई दिल्ली से दस बजकर पचास मिनट पर खुलने वाली पटना एसी स्पेशल ट्रेन में छह सौ से अधिक सीटें खाली हैं लोग इसमें टिकट आरक्षण करा सकते हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए नौ दिसंबर तक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे आर पी एफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सोलह नवंबर तक उम्मीदवारों के रौल नंबर जारी किये जायेंगे आरपीएफ महानिदेशक ने बल की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रेनों में तलाशी के दौरान नौ करोड रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किये गये हैं जबकि रेलवे एक्ट के उल्लंघन में तैंतीस हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जरुरतमंद लोगों के खाते खूलने से उन्हें बैंकिंग और सामाजिक स्रक्षा योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है हमारे मधुबनी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता जनधन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते खुलने से उन्हें बचत की धनराशि रखने में सुविधा हो रही है

वहीं खाताधारकों को मुफ्त मिलने वाले रुपे कार्ड से वित्तीय लेनदेन भी सुगम हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से अमरनाथ आनंद सीवान जिले के दरौली थाना के प्रभारी जय नारायण राम को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंक्श लगाने में विफल रहने पर यह कार्रवाई की है सुपौल जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के पूर्वी कोसी तटबंध के पास पूलिस ने एक सरकारी गाड़ी का नेम प्लेट लगी कार से इक्कीस सौ बोतल से अधिक शराब जब्त की है कार पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन विभाग की नेमप्लेट लगी थी वहीं वैशाली जिले के वैशाली थाना के सूभई गांव से पूलिस ने उन्नीस कार्टन विदेशी शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है इधर बेगूसराय जिले के चकिया और मुजफ्फरपुर जिले के काजीमुहम्मदपुर थाना क्षेत्र से भी पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है शेखपुरा जिले के नगर क्षेत्र के दल्लू मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने छापामारी में भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है रोहतास और भोजपूर जिले का स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर दोनों जिलों में कई रंगारंग सांकृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजद के वरिष्ठ नेता और कटिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे मोहम्मद अब्दुल जलील का आज सुबह कटिहार में निधन हो गया पूर्व विधायक के पैतृक गांव आजमनगर में कल उनका पार्थिव शरीर सुपूर्द ए खाक किया जायेगा सीतामढ़ी जिले के कनहौली थाना क्षेत्र के परसाखूर्द गांव में डकैतों ने आज तड़के दो घरों में डाका डालकर डेढ़ लाख रुपये लूट लिये तथा चार लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया दरभंगा जिला के हायाघाट के औलियाबाद गांव में आज दो पक्षों में जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई हिंसक झड़प के दौरान बीस से अधिक लोग घायल हो गये पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बसौढ़ा में हाई टेंशन तार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गयी वहीं पशुओं के मारे जाने की भी सूचना है नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र अन्तर्गत बाजार में चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गयी

पूजा को देखते हुये सुरक्षा के व्यापक प्रबंध